विश्व में लैंगिक समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है इस दिन महिलाओं की सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों का आयोजन किया जाता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अदम्य साहस को नमन किया है अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गौरवान्वित है उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना उनकी सरकार के लिए सम्मान का विषय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को श्भकामनाएं दी हैं अपने टवीट सन्देश में उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति में मातृशक्ति की भागीदारी अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन और उनके सर्वागीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का श्भारम्भ करते हए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का श्मारम्भ और शिलान्यास भी किया अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये कई योजनाए संचालित कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को स्नातक तक निशल्क कर दिया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत बेटियों को विवाह के लिये इक्यावन हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है अब तक राज्य में डेढ़ लाख से अधिक बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में बीस प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया है उन्होंने कहा कि गोरखपुर लखनऊ और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रघानमंत्री और मृख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लोगों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं जिनका मालिकाना हक घर की महिला सदस्य को दिया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब राज्य में रिक्त होने वाली राशन की दुकानों का संचालन महिला स्वयंसेवी समूहों को देने का निर्णय किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलाया जा रहा पोषण अभियान भी महिला स्वयंसेवी समूहों की सहभागिता से संचालित किया जा रहा है से से अप अप से अप अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्च्अल माध्यम से गोरखपुर में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का उदघाटन किया वाराणसी में प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया बलरामपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र पचपेडवा में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कृषि आजीविका गतिविधियों के बारे में जागरूक किया गया जौनपुर में जिले की समी दो सौ अट्ठारह न्याय पंचायतों में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमें महिला वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित किया

पांच विशेष महिला यात्रियों सहित साठ यात्रियों को लेकर पहले विमान ने दिल्ली के लिये उड़ान भरी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया विशेष बात यह रही कि हवाई अड्डे की सुरक्षा से लेकर विमान के संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज प्रदेश में एक अनुठी पहल के तहत सभी पचहत्तर जिलों में तीन तीन टीकाकरण केंद्रों को महिलाओं के टीकाकरण के लिए समर्पित किया गया है

राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छ सौ चौंतीस है